इस योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि छह वर्ष में चालीस करोड़ पैंतीस लाख खाते इस योजना के तहत खोले गये हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है इधर झारखंड में भी जन धन योजना के लाभुकों में ख्शी की लहर है कोरोना काल में लाभुकों के खाते में पैसे जमा होने पर लाभुकों ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सरकार से मदद मिली है

इसके साथ ही झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर चौंतीस हजार छह सौ छिहत्तर हो गई है वहीं दूसरी ओर कल छह सौ तैंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इसी के साथ स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या तेईस हजार एक सौ उन्नीस पहुंच गई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार एक सौ अस्सी है इधर राजधानी रांची में आज कोरोना संकमित बासठ वर्षीय महिला डॉक्टर रेण् चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गयी इसके साथ ही राज्य में कोरोना संकमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर तीन सौ अठहत्तर पहुंच गई है

इस दौरान जिले के द्रदराज इलाकों में शिविर लगाकर नमूनों की जांच की जा रही है आज अलग अलग प्रखंडो में शिविर लगाकर एक हजार तीन सौ से अधिक नमूने एकत्रित किये गये

नागर विमानन के महानिदेशक ने बताया कि उड़ान के दौरान अगर कोई यात्री मॉस्क नहीं पहनता है तो उसे नो फ्लाई सूची में डाल दिया जायेगा सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है

सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नितेश चर्चा में भाग लेंगे

इसके तहत पांच सितम्बर से क्रेता और विकेता घर बैठे ऑनलाइन स्टाम्प की खरीदारी और निबंधन शुल्क का भूगतान कर सकते हैं विभाग की ओर से बताया गया है कि नई व्यवस्था लागू होने से स्टाम्प की खरीदारी और निबंधन शुल्क भुगतान की भागदौड़ से लोगों को राहत मिलेगी

न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई को लेकर आज कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की इधर राजधानी रांची सहित राज्यभर में नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया राज्य के वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव भी रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए उन्होंने कहा कि हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए बिहार के मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभ्नाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ हजारीबाग कोर्ट के न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा है हालांकि तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट नें बरी कर दिया है

एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोग अपने विचार नमो ऐप या माय गॉव ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं

गुमला जिले के बिशुनपुर थानाक्षेत्र स्थित नेतरहाट घाटी में आज बॉक्साइट लदे एक ट्रक के खाई में गिर जाने से उस पर सवार पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है

इधर देवघर जिले के कुंडा थानाक्षेत्र में आज एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से साईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी

ऐसी ही एक खबर में सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर यह फर्जी खबर चल रही है कि विशेष योजना के तहत सरकार सितम्बर माह से हर एक व्यक्ति का बिजली बिल माफ कर देगी सरकार ने कहा है कि इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की गयी है

पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर इन दिनों गांजा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है

इस दौरान नियम तोड़नेवालों की रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच की गयी